विपक्ष पर अफवाहें फैलाने और लोगों को बांटने का लगाया आरोप

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीबों को सभी अक्सर उपलब्ध हों कल आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा ने ऐतिहासिक एक सौ चौबीसवां संवियान संशोधन विघेयक पारित कर दिया है इसमें सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक बह्त महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे देश के आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा कि इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना आदिवासियों के हक को छीने बिना ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन कर्रक मैंने मेरे देश के सवर्णों के उच्च वर्ण के लोगों के भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अपने निहित स्वार्थों के लिए अफवाहें फैला रहा है और लोगों को बांट रहा है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विपक्षी दलों की इस रणनीति को सफल न होनें दें प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल एक दूसरे के हितों की रक्षा करने और अपने वर्चस्व के लिये एकजुट हो रहे हैं उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम लिये बगैर कहा कि यह सत्ता के लालच में और भाजपा को हटाने के लिये प्रानी दृश्मनी भूल गये हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल आगरा में लगभग चार हजार एक सौ करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की इनमें पेयजल आपूर्ति में सुधार की गंगाजल परियोजना एसएन मेडिकल कॉलेज का उन्नयन और आगरा स्मार्ट सिटी के लिये समन्यित कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना शामिल है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हए कहा कि इसके शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर सात लाख गरीब लोग इससे लाभान्वित हुए हैं इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ही महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की इनमें ग्यारह सौ करोड़ रुपये की लागत से सड़क और भूमिगत सीकरेज प्रणाली परियोजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीस हजार मकानों के निर्माण की परियोजना शामिल है एक रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आवास योजना से कूड़ा बीनने वाले रिक्शा चलाने वाले और कपड़ा तथा बीड़ी कामगार जैसे बेघर गरीबों को लाम होगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के लिये प्रतिबद्व है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरावासियों की स्वच्छ जल की आपूर्ति की वर्षो से लम्बित मांग के पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सम्बंधी एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विवेयक लोकसभा से पारित होने के बाद कल राज्यसभा से भी पारित हो गया सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद के दोनों सदनों ने अपनी मोहर लगा दी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में विधेयक पेश करते हए कहा कि इसका उद्देश्य लामार्थियों को आर्थिक और रैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है उन्होंने विधेयक को जल्दबाजी में लाये जाने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि इसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने विधेयक का समर्थन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग की ऑल इंडिया अन्ना डी एम के पार्टी के सदस्य नवनीत कृष्णन ने विवेयक का विरोध किया और कहा कि यह असंवैधानिक है और कानूनी रूप से गलत है कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व मामले में सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एसएबोड्डे एनवी रमन्ना उदय यू ललित और डीवाईचंद्रचूड़ शामिल होंगे संविधान पीठ आज से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाये रखने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि सीमा संबंधी अनसुलझे मुद्दे हिंसा तथा शत्रुता से मुक्त वातावरण में आपसी बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं नई दिल्ली में चौथे रायसीना संवाद में विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में भारत सक्रिय और रचनात्मक योगदान करता रहा है विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित था और आज कोई भी बड़ा या छोटा देश इसके खतरे से मुक्त नहीं है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित करने और प्रभाव छोड़ने वाली असाधारण महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वेब वंडर व्मन अभियान की श्रूआत की है इस अभियान का उद्देश्य द्वनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की पहचान करना है जिन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ट्रेकथ्र और ट्विटर इंडिया के सहयोग से मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया है इसके लिए इक्कतीस जनवरी तक द्वनिया भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं सीतापुर ऐशबाग रेलखंड पर ट्रेनों का संचलन कल से शुरू हो गया केन्द्रीय रेल और संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने सीतापुर जंक्शन से छूटने वाली स्पेशल ट्रेन को कल हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर रेल राज्य मंत्री ने कहा कि सीतापुर से दिल्ली तक जाने के लिये भी रेलगाड़ियों का शीघ्र संचालन शुरू हो जायेगा इसके अतिरिक्त सीतापुर से मैलानी तक ट्रेन चलाई जायेगी उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को न सिर्फ राजधानी आने जाने में सह्लियत होगी बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ साथ रेल लाइनों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश के समस्त नागरिकों तथा कुंभ की व्यवस्था में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रयागराज में होने वाले कुंम दो हजार उन्नीस को सफल बनाने का आहवान किया है राज्यपाल ने कहा कि कुंम का पर्व देश की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने कुंभ की भव्यता और आस्था के चलते इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संज्ञा दी है श्री नाईक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुंभ में आने के लिये विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है कुंभ में आने वाले श्रद्वालुओं एवं पर्यटकों को जहां कुंभ एवं भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जायेगा वहीं कला एवं संगीत की भी मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी संसद का बजट अधिवेशन इक्कतीस जनवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगा

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की कल दोपहर नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया